कल से शुरू हुए इस सम्मेलन का आयोजन अमरीका भारत व्यापार परिषद ने किया है

इस वर्ष का विषय है बेहतर भविष्य का निर्माण प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि वह शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भू जल सप्ताह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल प्रकृति की अमूल्य सम्पदा है और इसके संरक्षण की हमें चिंता करनी होगी उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भू जल भी है और सतही जल की भी कोइ कमी नहीं है उत्तर प्रदेश इस मामले में अत्यन्त समृद्धशाली राज्य है

उन्होंने कहा कि भू जल की उपलब्धता का निरन्तर कम होना चिंताजनक स्थिति की ओर इंगित कर रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारो भवनों पर रूफटॉप रेन वाटर हारर्वेस्टिंग को अनिवार्य किया गया है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जेईई मुख्य और एनडीए की परीक्षा एक ही दिन न हो उन्होंने कहा कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथि को लेकर विद्यार्थियों से कई अनुरोध मिले हैं और स्थिति की जांच की गई है मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी महानिदेशक ये सुनिश्चित करेंगे कि दोनों परीक्षाएं एक ही दिन न हों

एक टवीट में डॉक्टर हर्षवर्घन ने कपड़े के बने तीन परतों वाले मास्क लगाने और दूसरों को भी इसी तरह के मास्क के लिये प्रेरित करने का आग्रह किया

हाल के दिनों में कुछ साइटिफिक स्टडिज हुईं जिन्होंने ये कहा कि जब आप वॉल्व वाला मास्क पहनते हैं तो स्वयं तो आप सुरक्षित हैं लेकिन जो आप एक्सहेल कर रहे हैं इफ यू आर ए सिम्टोमेटिक पर्सन देन दा प्रोपेंसिटी ऑफ देट इन्फोक्टिंग अदर्स इज देयर दिस इज ए इवॉल्विंग सिच्युवेशन अप्रैल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेहरे और मुंह को ढकने के लिए घर पर बने मास्क के उपयोग के बारे में परामर्श जारी किया था इसमें लोगों से खास तौर पर घर से बाहर निकलते वक्त इस तरह के मास्क पहनने को कहा गया था इसमें घर में सामान्य मास्क बनाने का तरीका बताया गया था और यह भी कहा गया था कि मास्क चेहरे पर फिट बैठना चाहिए और इसके तथा चेहरे के बीच कोई खाली जगह नहीं होना चाहिए

लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है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

हालांकि मरने वालों की दर कम होकर दो दशमलव चार प्रतिशत रह गई है

इस वेबिनार में कई प्रख्यात विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे

इसके साथ सभी अभियुक्तों पर दस दस हजार रूपये का आर्थिक दंड भी आरोपित किया गया है मथुरा की जिला जज साधना रानी ने आज यह फैसला सनाया

इस मुकदमे में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है

मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के कई स्थानों पर आंधी पानी की संभावना व्यक्त की है

हालांकि पारम्परिक अनूष्ठान बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न कराए जाएंगे पावन गुफा के दर्शन के लिए सुबह और शाम की आरती का टेलीविजन से सीधा प्रसारण किया जाएगा